विश्वासियों से कहा कोरोना संक्रमण को देखते हुये सभी लोग घर के अंदर ही करें प्रार्थना कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही ना बरतें सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और पैंतालीस वर्ष से उपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवायें सुरक्षित रहें और तीन आसान उपायों का पालन करें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 राज्य में कोरोना संकमण के मामले एक बार फिर तेजी से बढ रहे हैं

इस बीच देश में प्रतिदिन कोविड के नये मामले और मृतकों की संख्या बढ रही है

मंत्रालय ने बताया कि कल पांच हजार से अधिक लोग कोविड संक्रमण से ठीक हुए हैं

पहले स्वास्थय कर्मियों और अग्रिम पंक्तियों के कार्यकर्ताओं को यह टीका लगाया गया बाद में साठ वर्ष से अधिक आयु के सभी व्यक्तियों को इसकी सुविधा उपलब्ध कराई गई

अनुमंडल पदाधिकारी ने बताया कि अन्य नेगेटिव छात्राओं का भी रैपिड एंटीजन टेस्ट कराया जाएगा

सभी छात्राओं के ईलाज की पूरी व्यवस्था की गई है

जाने माने क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को आज मुंबई के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है शनिवार को उनमें कोविड के हल्के लक्षण पाए गए थे सचिन तेन्दुलकर ने आज सुबह ट्वीट करके जानकारी दी कि उन्हें चिकित्सकों की सलाह से एहतियात के तौर पर अस्पताल में भर्ती कराया गया है उन्होंने लोगों से कोविड के दिशा निर्देशें का पालन करने की अपील की है

इस संबंध में ग्रामीण विकास विभाग के संयुक्त सचिव आदित्य रंजन ने सभी जिलों के उपायुक्तों को पत्र के माध्यम बढे हुए दर से मनरेगा श्रमिकों का भूगतान सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया है

केंद्र सरकार द्वारा पारिश्रमिक दर में मामुली वृद्वि करने पर मुख्यमंत्री ने मजदूरी दर में बढ़ोतरी की है

यह अनुदान राशि ग्रामीण स्थानीय निकायों द्वारा खुले में शौच मुक्ति पेयजल आपूर्ति और वर्षा जल संचयन पर खर्च की जायेगी शहरी निकायों में इस राशि का उपयोग वायू ग्रणवत्ता ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और स्वच्छता उपायों पर भी किया जाएगा

अवशेषों को जलाने से जनधन का नुकसान तो होता ही है इससे सुक्ष्मजीव भी नष्ट हो सकते हैं जिसके कारण जैविक खाद का निर्माण खेतों में बंद हो सकता है वैज्ञानिकों ने कहा की अवशेष जलने से भूमि कठोर हो जाती है और भूमि के जल धारण की शक्ति भी घटती है कृषि वैज्ञानिकों ने रीपर कम बाइंडर का उपयोग कर खेतों की गहरी जूताई करने और अगली फसल की तैयारी करने की सलाह दी है पश् वैज्ञानिक डॉ सतीश ने कहा कि किसानों को पश् रोग प्रबंधन पर भी लगातार जानकारी दी जा रही है गढ़वा जिले में वन विभाग के कर्मियों ने रंका थाना क्षेत्र के सलैया गांव से एक मृत हिरण को बरामद किया है हिरण का शिकार करने के लिए शिकारियों ने उसे गोली मारी है रेंजर विमल कुमार ने बताया कि गोली लगने से हिरण की मौत हुई है मामले की जांच कर इस घटना में शामिल लोगों की पहचान की जा रही है धनबाद जिले के झरिया के थानेदार प्रमोद कुमार सिंह को निलंबित कर दिया गया है पुलिस महानिरीक्षक प्रिया दबे ने थानेदार के खिलाफ पुलिस उपमहानिरीक्षक और वरीय पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर सख्त कार्रवाई की है साथ ही इनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही करने का भी आदेश दिया है जांच में थानेदार प्रमोद कुमार सिंह के खिलाफ लापरवाही अनुशासनहीनता और ड्यूटी के दौरान मनमानी करने का आरोप सही पाया गया है निलंबन अवधी के दौरान इन्हें पुलिस केंद्र बोकारो में रिपोर्ट करने के लिए कहा गया है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खुद वीडियो को ट्वीट कर मामले की जांच कर सख्त कार्रवाई का आदेश दिया था

इसी दौरान झरिया थानेदार ने मृतक के परिजनों के साथ गाली गलौज और मारपीट की थी

गिरफ्तार लोगों में एक नाबालिग भी शामिल है इस संबंध में गुमला के प्रभारी पुलिस अधीक्षक शम्स तबरेज ने बताया कि अनुसंधान के क्रम में पुलिस टीम ने नामजद अभियुक्तों के अलावा इस घटना में शामिल अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया है इस हत्याकांड में गिरफ्तार सुधीर मुंडा ने स्वीकारोक्ति बयान में कहा है कि कि रंथ्र मुंडा की हत्या ओझा गुनी एवं डायन बिसाही के संदेह में की गई है चतरा जिले में सदर थाना पुलिस ने इलाके में सक्रिय अफीम तस्करों के विरुद्ध आज एक बड़ी कार्रवाई की है

हालांकि छापामारी अभियान के दौरान मौके पर मौजूद सभी तस्कर जंगल का लाभ उठाकर भाग गये एसडीपीओ ने बताया कि फरार तस्करों की गिरफ्तारी को लेकर थाना प्रभारी के द्वारा छापामारी अभियान चलाया जा रहा है पूर्वी सिंहभूम जिले के जमशेदपुर के मानगो नगर निगम के कार्यपालक पदाधिकारी ने बताया है कि जुस्को द्वारा मानगो डिमनो रोड के सौदर्यीकरण कराया जाएगा

इस दिन संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों को ऑटिज्म और एस्पर्जर सिंड्रोम सहित ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम विकारों वाले लोगों के बारे में जागरूकता के लिए प्रोत्साहित किया जाता इस वर्ष संयुक्त राष्ट्र का विषय है इन्क्लूजन इन द वर्कप्लेस चैलेंजेज एंड है अपार्चयुनिटीज इन ए पोस्ट पैनडेमिक वर्लड है संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि ऑटिज्म से पीड़ित लोगों को आय और पर्याप्त धन स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच कानून के तहत सुरक्षा और राजनीतिक समावेश जैसी कई असमानताओं का सामना करना पड़ता है और महामारी के कारण इसमें और तेजी आई है ऑटिज्म आजीवन रहने वाली एक न्यूरोलॉजिकल स्थिति है जिसका पता बचपन में ही चल जाता है आज गुंड फ्राइडे है इस दिन ईसा मसीह को सलीब पर चढ़ाया गया था ईसा मसीह ने मानवता के कष्ट दूर करने के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया था इसाई समुदाय के लोग इस अवसर पर एक दूसरे के लिए शक्ति और समुद्धि की कामना करते हैं रविवार को ईस्टर के समारोह शुरू होंगे ऐसी मान्यता है कि ईस्टर के दिन ईसा मसीह फिर से जीवित हो उठे थे देश में विभिन्न गिरजाघरों में विशेष प्रार्थना सभाओं का आयोजन किया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि गुंड फ्राइडे हमें ईसा मसीह के संघर्षो और बलिदानों की याद दिलाता है एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि ईसा मसीह का जीवन जरूरतमंदों की सेवा और रोगियों को स्वस्थ करने के प्रति समर्पित था मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने गुड फ्राइडे के अवसर पर प्रभु यीशु मसीह को नमन किया मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रभु यीशु मसीह ने सम्पूर्ण मानवता को प्रेम और करूणा का संदेश दिया श्री सोरेन ने राज्यवासियों से आग्रह किया कि कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुये सभी लोग घर के अंदर ही प्रार्थना करें